प्रदेशभर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर रहा उत्साह राज्यपाल व मुख्यमंत्री सहित लोगों ने घरों में ही किए योगासन देश की भांति प्रदेश में भी देखा गया दुर्लभ सूर्यग्रहण लोगों ने कैमरे में किया कैद

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने एक संदेश में कहा कि योग लोगों को एकजुट करता है और वैश्विक भाईचारे का संदेश देता है उन्होंने कहा कि योग एकता की शक्ति के रूप में उभरा है यह किसी से भेदभाव नहीं करता तथा नस्ल रंग स्त्री प्रुष धर्म और देश की विभिन्नता के तमाम अंतरों से परे है नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अगर दुनिया को कोरोना महामारी से मुक्त होना है तो योग को अपनाना होगा उन्होंने कहा कि योग धरती को स्वस्थ और सुरक्षित स्थल बनाने की दिशा में सशक्त प्रयास है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसुस कर रही है उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस हमारी श्वास प्रणाली को संक्रमित करता है

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में योग क्रियाएं की उन्होंने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए योग को जरूरी बताया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने सरकारी आवास ओक ओवर में अपने परिजनों के साथ योगाभ्यास किया उन्होंने प्रदेशवासियों को योग दिवस की बधाई देते हुए कहा कि योग हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है और ऋषि मुनियों ने पूरे विश्व को योग सिखाया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से पूरा विश्व योग को अपना रहा है उन्होंने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आग्रह किया

इस दौरान सूर्य दहकती आग के गोल छल्ले की तरह दिखाई दिया सूर्यग्रहण ऐसे समय में हुआ जब आज इस वर्ष का सबसे लम्बा दिन है यह दुर्लम खगोलीय घटना तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है और कुछ समय के लिए चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है इधर शिमला सहित प्रदेश के अन्य भागों में भी लोगों ने सूर्य ग्रहण को देखा और इस दुर्लभ घटना को अपने कैमरों व मोबाईल फोन में कैद किया

मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज केलंग में महिला मण्डलों के साथ बैठक कर जिले में कृषि बागवानी और पर्यटन विकास पर चर्चा की और उनके सुझाव लिए उन्होंने महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी मारकंडा ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पर्यटन उद्योग प्रभावित हुआ है लेकिन भविष्य में लाहौल घाटी में पर्यटन बढ़ेगा और इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि व बागवानी के क्षेत्र में धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा कोविड हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में लागतार वृद्धि जारी है

इनमें से अधिकांश लोग राज्य के बाहर से आए हैं जो क्वारंटीन केन्द्रों में रह रहे थे

पीएम कल्याण योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज लॉकडाउन के समय देश के लाखों गरीबों का सहारा बना है पैकेज के तहत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबों को कोरोना राहत के रूप में सहायता प्रदान की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी इनमें से एक है और हिमाचल प्रदेश में भी करीब पौने नौ लाख किसानों को इसका लाभ मिला है किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए केन्द्र सरकार ने उनके खातों में योजना की अग्रिम किश्त जमा करवाई जिससे किसानों ने बीज खाद्य और स्प्रे का सामान खरीदा कुल्लू जिले के किसानों ने इसके लिए केन्द्र सरकार का आभार जताया है

इस दौरान उन्होंने भरमौर उपमण्डल में चल रहे विकास कार्यो का जायजा लिया और अधिकारियों को किसानों व बागवानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित करने की दिशा में काम करने को कहा उन्होंने क्षेत्र में चल रही अनेक विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की

संघ के जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह राणा ने कहा कि अगर सरकार आदेश करे तो संघ के स्वयंसेवी अपनी सेवाएं देने को तैयार हैं इस बीच सनराईज सोशल हैल्थ एण्ड एन्वायरनमैंटल ऐसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष स्नेही ने स्पिति के रंगरीक में सुरक्षा के मद्देनज़र हवाई अड्डा बनाने की मांग की है

विभाग ने किन्नौर और लाहौल स्पिति जिलों को छोड़कर अन्य भागों के लिए येलो अर्ल्ट जारी किया है मौसम विभाग ने अगले तीन चार दिन राज्य में गरज के साथ वर्षा की सम्भावना जताई है